मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कल चंडीगढ़ में पाईनीयर्ज ऑफ नॉर्थ कार्यक्रम के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नवम्बर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन किया जा रहा है इसमें कृषि संबंधी उद्योग निर्माण व फार्मा पर्यटन जल विद्यूत अक्षय उर्जा स्वास्थ्य सेवा सहित आठ प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है

महेन्द्र सिंह जल जीवन मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने हिमाचल के लिए एक हजार करोड़ रूपए मंजूर किए हैं सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने मंडी जिले के लम्बाथाच में नलवाड़ मेले के समापन अवसर पर एक जनसभा में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न कार्यो के टेंडर किये जा रहे हैं

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तामिलसाई सौंदराजन से हैदराबाद स्थित राजभवन में मुलाकात की ये एक शिष्टाचार भेंट थी इस बीच राज्यपाल ने हैदराबाद में गणपति विसर्जन उत्सव में भी हिस्सा लिया

इस अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता रक्तदान तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे

पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत चंबा जिला के उपमंडल भरमौर के गरोला में कल पोषण रैली निकाली गई जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांव की महिलाओं ने भाग लिया अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है पत्र बम पर सियासत तेज सीएम से मिले परमार बिकम ध्रमल से रवि उपचुनाव से पहले विवाद पर भाजपा चिंतित पंजाब केसरी और दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुंख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को शीर्षक दिया है चंडीगढ़ में हिमाचल का सात दशमलव नौ फीसदी हिस्सा

पुलिस भर्ती परीक्षा पर दैनिक जागरण की सुर्खी है अभ्यर्थियों को दिया जाएगा ग्रेस मार्क अमर उजाला का कहना है गलत प्रश्न का मिलेगा कृपांक

इसी समाचार पत्र के अनुसार पूर्व सैनिक कर्मचारियों को डीए की किश्त जारी राजस्थान की तर्ज पर अध्यादेश लाएगी सरकार शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचल में लघ् एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना अनुमति निर्माण की मंजूरी देने की तैयारी